प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे गुवाहाटी की एक छात्रा भाष्यवती बोरा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा धन्यवाद मुझे एक सवाल का मौका देने के लिए

क्योशन सिलेक्ट हआ इसलिए अच्छा लगा और प्रघानमंत्री जी ने अपना वक्त निकालकर उसका जवाब दिया इसलिए भी बहत ैअच्छा लगा और इसकी वजह से नई पीढियों को बहत ज्यादा अपोरच्युनिटीज मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगों की जांच में जानबूझकर देरी की दोषियों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज पेश की गई न्यायमूर्ति ढींगरा आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस ने कभी भी जांच करने की पहल नहीं की उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट बहृत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मुख्य निष्कर्ष यह कहता है कि इन दंगों की सही जांच कभी नहीं हई श्री जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली के सुल्तानपुर में पांच सौ घटनाएं हईं और प्रशासन को कई हलफनामे मिर्ले लेकिन मात्र एक प्राथमिकी दर्ज की गई श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह उन्नीस सौ चौरासी में हुआ सबसे बडा हत्याकांड था और यह दंगा नहीं बल्कि एकतरफा सामृहिक हत्या थी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तीन हजार से अधिक लोगों को मरने दिया और फिर सैम पित्रोदा जैसे नेताओं ने इस पर अपमानजनक टिप्पणी की उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान पुलिस का पूरा प्रयास हमेशा दोषियों को बचाना था केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है वे आज नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के समर्थन में बिहार के वैशाली जिले में खरौना मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार इस कानून के माध्यम से बहुत से पीड़ितों को न्याय देने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि गांधीजी भी दलितों को न्याय देने के पक्ष में थे उन्होंने विपक्षी राजनीतिक दलों से कहा कि वे सीएए के मामले में लोगों को भ्रमित न करें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हए कहा कि उन्हें सदन में जन सामान्य के मुददे उठाने चाहिए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सुधार किया जा सके उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढा है और इसलिए जनप्रतिनिधियों का उत्तदायित्व भी बढ़ गया है श्री बिड़ला आज लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के दोनों सदनों और विघानसभाओं की कार्यवाही में व्यवधान रोकने के लिए किसी कानन या नियम की आवश्यकता पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि संसदीय परंपराओं को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी सबकी है सम्मेलन को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने भी संबोधित किया उन्होंने सदन में अध्यक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास व्यक्त किया कि इस विचार विमर्श से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी दो दिवसीय इस सम्मेलन में संसद और राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी महासचिव प्रमुख सचिव सचिव और विदेशों केप्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं सम्मेलन का मुख्य वि ाय जन प्रतिनिधियों की भूमिका है प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों से बूंदाबांदी और बारिश जारी है बलरामपुर गोंडा हमीरपुर अयोध्या सिद्धार्थनगर प्रतापगढ़ और आस पास के क्षेत्रों में वर्षा के कारण गलन बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं आगरा में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टिट के समाचार हैं कानपुर में आज दिन में तेज वक्षा के कारण आम जनजीवन पर असर देखा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायू ामली मुजफ्फरनगर और आस पास के जिलों में भी आज दिन में हल्की से तेज बारिश हुई मौसम विभाग ने प्रदेश के ं पूर्वी और पश्चिमी भागों में कल भी बारिश की संभावना जतायी है कृष्टिा वैज्ञानिक जहां इस वर्षार्म को गेहूं की फसल के लिए लाभदायक बता रहे हैं वहीं अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर फसलों के नुकसान की भी खबर है

उन्होंने अधिकारियों से गरीबों और निराश्रितों को ठंड से बचाने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम करने को कहा है श्री योगी ने अलाव जलवाने और कंबल वितरण की व्यवस्था मी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं